केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हई मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय किया गया गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नये कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को महामारी के रूप में गंभीर संकट मान लिया है संगठन के अध्यक्ष अधानोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि वे इस वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है उन्होंने कहा कि ईरान जो कि इस खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित है वहां भी कोरोना वायरस पर नियंत्रण के सभी उपाय किए जा रहे हैं इस बीच केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रयासों के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से महामारी अधिनियम की धारा दो के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है

घर में उन्हें हवादार कमरे में रखें संभव हो तो कमरे में ही शौचालय की सुविधा भी हो यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी कमरे में रहना पड़े तो दोनों के बीच कम से कम एक मीटर का फासला रखा जाये ब्जुर्गों गर्भवती महिलाओं बच्चों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को संक्रमित व्यक्ति से बचाकर रखें मंत्रालय ने सलाह दी है कि किसी भी हालत में संक्रमित व्यक्ति को किसी भी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए उसके हाथ को साबुन और पानी से बार बार अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए या अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर हाथ पर लगाते रहना चाहिए संक्रमित व्यक्ति को हर वक्त सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए और छह से आठ घंटे बाद मास्क बदल लेना चाहिए मंत्रालय ने खांसी बुखार या सांस में तकलीफ जैसे लक्षण दिखने की हालत में मदद के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किये हैं रोगी को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में या शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छह पर सूचित करना चाहिए

च्रंकि कोरोना वायरस के मरीजों में सदी जुकाम को प्रारंभिक लक्षण के रूप में देखा जा सकता है इसलिए संस्थान के विद्यार्थियों को सावधानी के तहत कुछ दिनों के लिए विश्वविद्यालय परिसर छोड़ने को भी कहा गया है वहीं राज्य शासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ऐहतियात के तौर पर संस्कृति विभाग के रायपुर स्थित सभागार और मुक्ताकाशी मंच में होने वाले आगामी सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है इस बीच स्वास्थ्य सचिव और बिलासपुर जिले की प्रभारी निहारिका बारिक सिंह ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले के सभी अस्पतालों में आईसोलेशन कक्ष की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों को इस वायरस से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने को भी कहा है ओलंपिक छत्तीसगढ़ वर्ष दो हजार चौबीस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत की पदक जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वन स्टेट वन गेम योजना शुरू की है केंद्रीय खेल मंत्रालय की इस पहल के तहत तीरंदाजी खेल के लिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों को अलग अलग खेलों के लिए चुनकर वहां उस विशेष खेल के लिए बेहतर सुविधाएं और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी खिलाड़ियों को ओलंपिक में पदक जीतने के योग्य बनाने के लिए उन्हें खेल तकनीक और खेल विज्ञान की जानकारी भी दी जाएगी गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जीवनशैली में तीरंदाजी का खेल नैसर्गिक रूप से रचा बसा है आदिवासियों के इसी कौशल को तराशने और उन्हें पदक जीतने योग्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी के लिए चुना गया है

इस दौरान राज्यपाल ने सल्फीपदर गांव को गोद लेने की घोषणा की उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस क्षेत्र का सघन दौरा करेंगी और यहां की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगी राज्यपाल ने इस गांव में महिलाओं द्वारा किए जा रहे वन संरक्षण के कार्यो की सराहना की उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत ग्रामसभा को व्यापक अधिकार दिए गए हैं मुख्य सचिव राम वन गमन प्रदेश में राम वन गमन पथ पर आने वाले सभी प्रमुख स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज राम वन गमन पथ के प्रमुख स्थल राजिम और आसपास के स्थानों का स्थल निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को दस दिनों के भीतर विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ से गुजरते समय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लोमश ऋषि आश्रम में कुछ समय विश्राम किया था साथ ही पंचकोशी परिक्रमा करते हुए उन्होंने यहां के पांचों महादेव मंदिरों के दर्शन भी किए थे ्र पोषण पखवाड़ा महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी अट्ठाईस जिलों में बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया है इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्यकर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की इन कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर जिले के खोड़गांव बखरूपारा केरलापाल सहित विभिन्न गांवों में घर घर जाकर ग्रामीणों से अपने बच्चों को समुचित पोषण आहार देने का आग्रह किया इस अभियान के संबंध में जिले के कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि पोषण पखवाड़े के दौरान जन जागरूकता कार्यक्रम किए जाए इसके तहत पोषण मेला प्रभात फेरी व्यंजन प्रदर्शनी सहित विभिन्न स्पर्धाओं के जरिये ग्रामीणों को पोषण के महत्व के बारे में बताया जाए

जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि माओवादियों ने इस सहायक आरक्षक को उस समय अगवा कर लिया था जब वह हाल ही के पंचायत चुनाव में पंच के रूप में निर्वाचित अपनी पत्नी को एक बैठक के लिए लेकर जा रहा था उधर दंतेवाड़ा जिले के पोटाली कैम्प में पदस्थ विशेष कार्य बल एसटीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मार ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई यह घटना आज सुबह साढ़े चार बजे की बताई जाती है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि एसटीएफ की बीसवीं बटालियन का यह जवान रामाराम स्वामी मूलरूप से राजस्थान के सीकर जिले का निवासी था

हाथी विचरण रायपुर जिले के आरंग में महानदी के किनारे जंगली हाथियों का एक दल देखा गया है तेईस हाथियों का यह दल गुल्लू गांव के आसपास विचरण कर रहा है हाथियों के यहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सुरक्षा में जुट गए हैं वनकर्मियों ने ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने की भी सलाह दी है वन कर्मचारी हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास कर रहे हैं दुर्घटना बिलासपुर और बलरामपुर जिले में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई

बिलासपुर जिले के सीपत में आज दो मोटरसाइकिलों के बीच आपस में टक्कर हो गई इस घटना में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई

इसी जिले के रतनपुर इलाके में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर मार्ग पर चारपहिया वाहन के पलट जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है वहीं बिलासपुर में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर है